अमित जोगी को वर्ष दो हजार तेरह के विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन के समय कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में बिलासपुर के मरवाही सदन से गिरफ्तार किया गया

उन्होंने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट की अवमानना बताया है दूसरी ओर रायपुर प्रवास पर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि भाजपा नेत्री समीरा पैकरा ने शिकायत दर्ज करायी थी और अमित जोगी पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कानून के आधार पर हुई है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें फिलहाल इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं है जानकारी लेने के बाद ही वो कुछ बता पायेंगे इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने अमित जोगी की गिरफ्तारी पर विरोध जताया उन्होंने रायपुर के बूढ़ातालाब स्थित धरनास्थल पर नारेबाजी की इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद और हल्की झूमाझटकी होने की भी खबर मिली है प्रधानमंत्री राज्यपाल मुलाकात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से कहा है कि वे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर कार्य करें राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से कल नई दिल्ली में सौजन्य मुलाकात की इस दौरान राज्यपाल की प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ की माओवाद समस्या सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को गणेश चतुर्थी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए को निरस्त करने तीन तलाक को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए फिट इंडिया मुवमेंट के लिए छत्तीसगढ़वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री द्वारा जल संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी

इस भेंट के दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को विभिन्न सामाजिक संगठनों से मुलाकात और अब तक किए गए कार्यों से संबंधित एक लघु पुस्तिका भी भेंट की दंतेवाड़ा उप चुनाव दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है कांग्रेस उम्मीदवार देवती कर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र जमा किया इस मौके पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे इस उप चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम को मैदान में उतारा है उन्होंने भी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रोरेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया वहीं भाजपा ने माओवादी हमले में मारे गए विधायक स्वर्गीय भीमा मंडायी की पत्नी ओजस्वी मंडायी को उम्मीदवार बनाया है श्रीमती मंडावी ने कल अपना नामांकन दाखिल किया था इस उप चुनाव के लिए कल चार सितंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं परसों पांच सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी वहीं सात सितंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे तेईस सितंबर को सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा शिक्षा कार्यशाला राजधानी रायपुर में आज से राज्य स्तरीय आंकलन और प्रश्न पत्र निर्माण की प्रारंभिक कार्यशाला शुरू हुई इसका आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जा रहा है यह कार्यशाला सात सितम्बर तक चलेगी इसमें प्रश्नों के स्वरूप प्रकार रूब्रिक्स ब्लूप्रिंट आदि के रचनात्मक और योगात्मक आंकलन का स्वरूप निर्धारित कर उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया बताई जाएगी इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षण के कमजोर क्षेत्रों का चिन्हांकन कर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाना है

इनमें से दो माओवादी मिलिट्री बटालियन के सदस्य बताए जाते हैं पुलिस के अनुसार इनमें से दो माओवादियों पर आठ आठ लाख रूपये और दो अन्य पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया इन माओवादियों पर कई बड़ी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है पुलिस के अनुसार जिले में माओवादी उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है इससे सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और माओवादी संगठन की गलत नीतियों से परेशान होकर माओवादी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं वहीं बीजापुर जिले के टेकमेटला से पुलिस ने एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है इस माओवादी पर लूट और आगजनी की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है इस बीचे दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने मानवता का परिचय देते हुए एक घायल माओवादी के इलाज की व्यवस्था की है जवानों का एक दल सर्चिंग पर निकला हुआ था तभी इनके डर से माओवादी अपने एक घायल साथी को छोड़कर भाग गए इस दौरान सुरक्षा बलों ने इस माओवादी को कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचाया बताया जाता है कि इस माओवादी ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से नागलगुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में गड्ढा खोदकर लोहे का सरिया लगाया था पिछले महीने सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बचने के दौरान यह माओवादी अपने द्वारा लगाए गए इसी लोहे की छड़ पर गिरने से घायल हो गया था अब इसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है चक्रधर समारोह रायगढ़ में चल रहे चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ सहित देश के ख्याति नाम कलाकार अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर पैंतीसवें अखिल भारतीय चक्रधर समारोह का शुभारंभ किया समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज चक्रधर सिंह ने अपनी संगीत और नृत्य कला की समृद्ध तथा गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण कर लोगों का दिल जीता मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी लोक पर्वो को उत्साह के साथ मनाने की पहल की जा रही है

यह त्यौहार नई फसल के आगमन और किसान भाईयों के बधुंत्व के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है अपने संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नुआखाई की शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा है कि गांव की खुशहाली और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करने वाला यह त्यौहार ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के मध्य और दक्षिणी भाग में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी के अनुसार राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है आज दोपहर बाद रायपुर और बिलासपुर में बारिश हुई इस बीच बिलासपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर आज दो लोगों की मौत हो गई मृतक पिता पुत्र थे बताया जाता है कि सीपत थाना क्षेत्र के खैरा गांव में ये दोनों खेत पर काम कर रहे थे इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ बिजली गिरी जिसकी चपेट में आने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बधेल के रायपुर स्थित निवास में कल आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है जांजगीर के छोटेअमेरी गांव में सर्पदंश से एक युवक की मौत हो गई